नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में प्रदेशवासियों को जागरूक करने में जुटी भाजपा जनसभाएं और सम्मेलन के माध्यम से दी जा रही जानकारी प्रदेश में आज कुछ जगह हुई बारिश और बर्फबारी तापमान में आयी गिरावट कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित

स्टेट क्रडिट सेमिनार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पर्वतीय खेती के लिए सिंचाई की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना होगा इसके लिए जलाशय विकसित करने होंगे

उन्होंने ग्रेविटी आधारित पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के लिए जलाशयों के निर्माण पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सूखते जलस्रोतों को देखते हुए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण है नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी जलाशय आवश्यक हैं उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ चम्पावत अल्मोड़ा पौड़ी चमोली देहरादून आदि जिलों में जलाशय और झीलें विकसित की जा रही हैं इसका आने वाले समय में बहत फायदा होगा सेमिनार में कृषि मंत्री सूबोध उनियाल ने कहा कि खेती को क्षेत्र में कई पहल की है

उन्होंने इस बात पर ख्रशी जताई कि पिछले कुछ समय में बहत से युवाओं ने कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों के माध्यम से रिवर्स पलायन किया है सीएए देहरादून प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस कड़ी में आज देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएए पर सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष द्वारा अधिनियम को लेकर जनता में भ्रांतियां फैलाई जा रही है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की इस दौरान श्री कौशिक ने मिस कॉल के जरिए सीएए के समर्थन में जनमत संग्रह के लिए आह्वान भी किया सीएए पौड़ी पौड़ी जिले में भाजपा के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि नागरिकता संशोधन अधिनियम के सम्बन्ध में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज घूडदौड़ी खोलाचौरी सबदरखाल सल्डा जाकर जनता को नागरिकता संशोधन अधिनियम की जानकारी दी पौडी विधायक मुकेश कोली ने लोगों को बताया कि विपक्षी पार्टियां केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस अधिनियम को विरोध कर रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं वहीं लोगों ने भी माना कि इस अधिनियम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है

जनसभा में प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रघ्रनाथ सिंह चौहान सहित जिले भर से तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे

इन नागरिकों के लिए विपक्ष ने कुछ नहीं किया लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इन लोगों को नागरिकता देने का काम किया है

उन्होंने कहा कि सीएए के बारे में जनता को जागरुक करने के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कानून ने अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने का काम किया है मौसम प्रदेश में मौसम में आज फिर परिवर्तन हुआ है राज्य में कुछ जगह बारिश और बर्फबारी की खबर है जबकि अन्य जगह दिनमर आसार बने रहे देहरादून समेत अधिकांश जिलों में सुबह से ही बादल छाये रहे और शाम होते ही बारिश होने लगी तेज हवाए चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई चमोली और उत्तरकाशी जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई उधर बागेश्वर जिले भें बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं पिछले एक सप्ताह से मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिले के ऊंचाई वाले गांव बर्फ की आगोश में है वहां जरूरी सामान की कमी होने लगी है मवेशियों के लिए सबसे अधिक संकट पैदा हो गया है चारे आदि की व्यवस्था नहीं होने से पश्रपालक परेशान हो गए हैं जिले के पिंडर और सरयू घाटी के जन जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है यहां संचार सेवाएं प्रभावित हुए हैं क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए विभागीय कर्मचारी बर्फ में दबे पोल तार आदि को दुरुस्त करने में जुटे हैं मौसम विभाग ने आज देहरादन हरिद्वार पौडी उधम सिंह नगर और नैनीताल में ओलॉवेष्टि की संभावना व्यक्त की है

राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि युवा डॉक्टर अपने कैरियर के कम से कम पांच वर्ष उत्तराखण्ड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं अवश्य दें उन्होंने युवा डॉक्टरों से स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मानव सेवा में योगदान देने का आह्वान किया कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने एम्स ऋषिकेश में चिकित्सा सेवा में उत्कष्ट योगदान के लिए विभिन्न चिकित्सकों को सम्मानित किया राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा बताया था और चिकित्सा क्षेत्र से जूड़े युवा सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा कर सकते हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्धन और पिछडे समृदाय के लोगों को अच्छे डॉक्टरों की सेवाओं का लाम मिलना चाहिये इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश ने ऐलान किया कि उसके सभी फैकल्टी और रेजीडेन्ट डॉक्टर प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह राज्य के दूर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे यंग लीडर्स कॉन्कलेव मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि जीवन में सफलता के लिए ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है तनाव करने से कुछ हासिल नहीं होता है रविवार को उत्तराखण्ड यंग लीडर्स कान्क्लेव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से संवाद किया उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य जिलों के छात्र छात्राओं के विभिन्न सवालों का जवाब दिया युवाओं के लिए राज्य सरकार के विजन के बारे में पृष्ठे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूवाओं को अच्छी शिक्षा मिले उनका कौशल विकास हो उनके चेहरों पर मुस्कोन रहे यही सरकार की कोशिश है उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार के लिए आगे आने की अपेक्षा की कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि यंग लीडर कान्क्लेव में युवाओं के बीच जो मंथन हुआ और निष्कर्ष निकला उस पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करेगी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आईटीआई पास बेरोजगार युवक युवतियां शामिल हुए

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं के लिए आजीविका के संसाधनों को बढ़ावा देना है उत्तरायणी मेला बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला कल से शुरू हो रहा है आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों के साथ मेले का आगाज होगा मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है बाबा बागनाथ का मंदिर सज गया है इसके अलावा गोमती और सरयू पुल की भी विशेष सजावट की गई है कल बागनाथ मंदिर में मेला समिति द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी इसके बाद तहसील परिसर से सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाएगी जिसके बाद मेले का आगाज होगा